प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया नीति आयोग की ओर से आयोजित इस बैठक का विषय था आर्थिक नीति भविष्य की राह बैठक में प्रतिभागियों ने वृह्त अर्थव्यवस्था और रोजगार कृषि और जल संसाधन निर्यात शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी विषयों के आर्थिक पहलुओं पर चर्चा की बैठक में केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राव इन्द्रजीत सिंह सहित नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और केन्द्र सरकार तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने विचार साझा किये बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से बातचीत क दौरान मिले महत्वपूर्ण सुझावों से देश के विकास को नई गति मिलेगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वृहद अर्थव्यवस्था और रोजगार कृषि और जल संसाधन निर्यात शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर अर्थशास्त्रियों और विशषज्ञों से सकारात्मक बातचीत हुई प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी विज्ञप्ति मे कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने अर्थनीति से संबंधित सुझावों और विचारों के लिए सभी संबंधित पक्षों का आभार व्यक्त किया है

इसके लिए गठित अंतरमंत्रालय समिति ने कृषि कार्यों में बदलाव और आध्रनिकीकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश की है इनमें आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस बिग डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी शामिल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी किसानों की मदद के लिए एक सौ से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किए हैं

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के आदर्श डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने संदेश में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सच्चे देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी डॉ मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी उन्होंने कहा कि मजबूत और संगठित भारत के लिए डॉ मुखर्जी की सशक्त भावना हम सभी को प्रेरणा देती है और यह एक सौ तीस करोड़ भारतवासियों को शक्ति भी प्रदान करती ह भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उनके चित्र पर श्रद्वा सुमन अर्पित किए

राज्यपाल रामनाईक ने लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय के प्रांगण में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन प्रेरणामयी था राज्यपाल ने कहा सबको साथ लेकर सबका विकास करना ही डॉक्टर मुखर्जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक मजबूत और अखण्ड भारत के लिये श्री मुखर्जी का जुनून आज हम सब को राष्ट्र निर्माण के लिये प्रेरित करता है भाजपा के महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुये कहा कि वे नवीन भारत के निर्माताओं में से एक थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का कार्य किया है कुशीनगर में भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश में दो निशान दो प्रधान और दो विधान के खिलाफ स्वतंत्र भारत में पहला राष्ट्रवादी आन्दोलन छेड़ा था केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यक्रमों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की बैठक में उन्होंने जिले में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिये बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री ने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और लेखपालों को लैपटॉप वितरित किये उन्होंने कहा कि लोगों तक डिजिटल सेवायें पहुंचाने के उद्देश्य से लेखपालों को लैपटॉप वितरित किये जा रहे हैं श्रीमती ईरानी ने कहा कि हमारी सरकार जनता की सेवा के लिये चौबीस घंटे समर्पित है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ मऊ और बलिया के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की आजमगढ़ के मंडलायुक्त सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करते हुये जनता से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में भी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की थी बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों और जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के निर्देश दिये अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में पांच वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाकर जिले में पल्स पोलियो अभियान का विधिवत शुभारंभ किया

यह दिवस पूरे विश्व में किसी भी भेदभाव को दर किनार करते हुए विभिन्न खेलों में सहभागिता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वर्षा के जल का तालाबों और खेतों में संचयन कर गिरते भूगर्भ जल स्तर को बचाया जा सकता है वे कल कानपुर में ग्राम पंचायत तुषौरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन करने के लिये ग्राम पंचायतों में तालाबों की खोदाई व पौध रोपण के कार्यक्रम को जन आन्दोलन की तरह चलाया जाना चाहिए उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से जल संचयन के साथ खेतों में वृक्षारोपण भी अवश्य करें और इसके साथ साथ उन्हें बचाये रखने के उपाय भी करें श्री मौर्य ने कहा कि जल है तो कल है इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ग्राम प्रधानों को सम्बोधित पत्र पढ़कर समस्त ग्रामीणों को जल संचयन के पति जागरूक भी किया